अन्न उत्सव मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज अन्न उत्सव का शुभारंभ करेंगे राज्य स्तरीय कार्यक्रम भोपाल में आयोजित किया जाएगा

इंदौर जिले में मुख्य समारोह रविन्द्र नाट्यगृह में आयोजित किया जाएगा कार्यक्रम के मुख्य अतिथि तुलसीराम सिलावट इस अवसर पर पात्र हितग्राहियों को पात्रता पर्ची और अनाज का वितरण करेंगे

हरदा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि कृषिमंत्री कमल पटेल जिला स्तरीय कार्यकम में पात्र हितग्राहियों को खाद्यन्न वितरण पर्चियां सौपेंगे

केन्द्रीय इस्पात राज्यमंत्री छिन्दवाड़ा में आयोजित अन्न उत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे टीकमगढ़ और खंडवा मंदसौर डिण्डोरी गुना शिवपुरी सतना श्योपुर नीमच बैतूल होशंगाबाद आगरमालवारायसेन और जबलपुर सहित सभी जिलों में अन्न उत्सव के आयोजन किये जायेंगे

इसके तहत प्रत्येक दिन अलग अलग विभागों से संबंधित कार्यक्रमों का आयोजन होगा कल का दिन महिला बाल विकास विभाग के लिए निर्धारित है

वहीं आँगनवाड़ी स्तर पर कुपोषित बच्चों को दूध वितरण किया जायेगा इस अवसर पर मुख्यमंत्री बच्चों की माताओं से संवाद भी करेंगे

मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के हितग्राहियों और लाड़ली लक्ष्मी योजना की बालिकाओं को छात्रवृत्ति का भुगतान सिंगल क्लिक के माध्यम से करेंगे

इस योजना में निजी अस्पताल के कर्मचारी सेवानिवृत्त स्वयंसेवक स्थानीय शहरी निकाय अनुबंध या दैनिक वेतनभोगी और आउटसोर्स कर्मचारी शामिल हैं

जिन रेलगाडियों में प्रतीक्षा सूची लंबी होती है और मांग अधिक होती है उसके लिये एक और ट्रेन चलायी जाती है जिसे क्लोन ट्रेन कहा जाता है नई घोषित क्लोन ट्रेन पूरी तरह आरक्षित होंगी इनका ठहराव संचालन हॉल्ट् पर सीमित रहेगा

दमोह से हमारे संवाददाता ने बताया है कि विधायक राहुल सिंह में संकमण की पुष्टि हई है

इधर भोपाल में बढ़ते संकमण को देखते हुए थोक किराना व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान शाम सात बजे तक ही खोलने का निर्णय लिया है

उधर जबलपुर में पांच दिन के लिए उच्च न्यायालय बंद रहेगा

मुख्यमंत्री निर्देश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल छतरपूर जिले में बड़ामलहरा विधानसभा के लिधौरा गांव पहुंचे जहां उन्होंने बहुप्रतीक्षित काटन नदी सिंचाई परियोजना का भूमि पूजन किया इस अवसर पर उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि जहां पर किसानों की फसलें खराब है वहां सर्वे कराकर फसल नुकसान दिया जाए उन्होंने बड़ा मलहरा क्षेत्र में अनेकों सौगातें दी उनका यह दौरा बड़ा मलहरा उपचुनाव के मद्देनजर था

नगर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने बताया कि इस अभियान के तहत नागरिकों को गीला सुखा कचरा और घरेलू जैविक अपशिष्ट को तय डस्टबिन में संग्रहित करने के लिए प्रोत्साहित और जागरूक किया जाएगा इस अभियान में नगर निगम कचरा निपटान संयंत्रों में तैयार जैविक खाद का उपयोग करने के लिए जिले के किसानों को कृषि विभाग के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाएगा खेलो इंडिया युवा खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केन्द्रीय खेल मंत्रालय मध्यप्रदेश सहित छह राज्यों में खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केन्द्र स्थापित करेगा इससे पहले खेल मंत्रालय ने इस साल के आरंभ में पहले चरण में कर्नाटक ओडीशा केरलतेलंगाना और पूर्वोत्तर के राज्य अरूणाचल प्रदेश मणिपुर है

यहां चालानी कार्यवाही कर लोगों को मॉस्क लगाने की हिदायत दी जा रही है